श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में आमजन को जानकारी होनी चाहिए उन्होंने आग्रह किया कि संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान और जीवनी प्रदर्शित की जाएगी

इससे इन योजनाओं का समुचित लाभ मिलने में परेशानी आएगी इसके लिए किसानों को एस एम एस से सूचित किया जा रहा है तथा जिला कलेक्टरों के माध्यम से पोर्टल पर शेष किसानों को पंजीकृत किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं

सरकार ने समय पर किसानों के ऋण माफ नहीं किए तथा अनापत्ति प्रमाण नहीं मिलने से वह फसली ऋण लेने से वंचित हो गया है मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज अध्यक्ष डॉ सीपी जोषी ने प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया से आग्रह किया कि वे अपने सदस्यों को प्रष्न पूछने की अनुमति दें और भरोसा दिलाया कि यदि पक्ष विपक्ष की सहमति बनती है तो अन्य सदस्यों को भी पूरक प्रष्न पूछने की अनुमति दी जायेगी इसके बाद आज भाजपा सदस्यों ने सदन में प्रष्न पूछे

सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ द्वारा उठाये गये मुददे पर हस्तक्षेप करते हुए श्री खाचरियावास ने कहा कि शहरों और गांवों में सड़क सुरक्षा दूत बनायें जायेंगे जो सड़क सुरक्षा के बारे में एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाही किये जाने संबंधी नियम बनाने के लिए एक समिति गठित की गयी है

भाजपा विधायक वासुदेव दवनानी ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कस्बे के देवडूंगरी क्षेत्र में सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है उन्होंने कहा कि इससे पहले अजमेर जयपुर सहित कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए हैं और राजस्थान धर्मांतरण की फैक्ट्री बन गया है इस मुददे पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर भाजपा सदस्यों ने शोर शराबा किया तथा वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और इस पर सरकार के वक्तव्य की मांग की

उद्योग मंत्री परसादीलाल ने आज विधानसभा में एक तारांकित प्रष्न के जवाब में यह जानकारी दी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल ने आज विधानसभा में एक तारांकित प्रष्न के उत्तर में यह जानकारी दी

वित्तमंत्री ने कर का दायरा बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए आयकर के सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए जयपुर में भी आज इस मौके पर राज्यस्तरीय कार्यकम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य सचिव डी बी गुप्ता सहित आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

जिला प्रशासन ने इन ग्राम पंचायतों के नामों का प्रकाशन कर दिया गया है

पोषाहार की सामग्री में कीड़े पड़े हए थे जिसे बच्चों को खिलाया जा रहा था विकास अधिकारी ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही है

जयपुर में कई जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई सवाईमाधोपुर में दिनभर तेज उमस के बाद बूंदाबादी हुई

वहीं झालावाड़ और ब्रूंदी क्षेत्र में मानसून की बेरूखी से फसलें जलने लगी हैं

तभी उनका निरीक्षण मान्य होगा

उन्होंने बताया कि जिन औषधालयों में चिकित्सक और कम्पाउंडर या फिर दोनो ही पद रिक्त हो वहां के लिए निकटतम चिकित्सा संस्थान से सप्ताह में दो दिन कार्य व्यवस्था के लिए इन्हें लगाया जाएगा